प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के सम्मान में लोगों से एक दीप जलाने की अपील की प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिये सोलहवीं बिहार विधानसभा भंग

सरकार बनाने का दावा भी कल ही किया जायेगा पेश

दरभंगा स्नातक सीट को छोड़कर सभी सात मौजूदा विधान पार्षद ही जीते बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

यह त्योहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व से देश के लोगों के बीच एकता सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि खुशहाली और प्रकाश का यह महान पर्व देश के प्रत्येक घर में सुख शांति और समृद्धि लाएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में आशा जताई है की कि दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली बढ़ाएगा उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दीया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली के अवसर पर सबके लिए सुखी समृद्ध और आनन्दित जीवन की शुभकामनाएं दी है इधर दीपावली पर्व को देखते हये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं किसी अनहोनी घटना से निपटने के लिये स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन दस्ते को भी अलर्ट पर रखा गया है वहीं सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुरूप राज्य सरकार ने आज रात आठ बजे से दस बजे के बीच ही हरित पटाखों से आतिशबाजी करने का आदेश जारी किया है आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी गौरतलब है कि सरकार ने प्रदेशभर में एक दिसम्बर तक सामान्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है आदेश में कहा गया है कि पटना गया और मुजफ्फरपुर में सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में केवल हरित पटाखे ही बिकेंगे एक सौ पच्चीस डेसीबल से कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री को ही अनुमति दी गयी है प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल फागू चौहान ने कल सोलहवीं बिहार विधानसभा को विघटित कर दिया साथ ही राज्यपाल ने मूख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के इस्तीफे पर भी अपनी स्वीकृति दे दी नई सरकार बनने तक नीतीश कूमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अपने अपने मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे कल हुई कैबिनेट की बैठक में निवर्तमान विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी सोलहवीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल उनतीस नवंबर को समाप्त हो रहा था लेकिन इसे सोलह दिन पूर्व ही भंग कर दिया गया इस बीच नई सरकार के गठन के लिये एनडीए के घटक दलों भाजपा जनता दल यूनाइटेड हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की कल पटना में बैठक होगी जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा

साउंड बाईट बैठक के बाद एनडीए विधायक दल के नेता राज्याल से मुलाकात कर उन्हें सभी घटक दलों के समर्थन का पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल की सहमति के बाद शपथ ग्रहण की तिथि की घोषणा होगी दूसरी तरफ भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की भी कल ही बैठक होने वाली है इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे बैठक में नवनिर्वाचित चौहत्तर विधायकों के अलावा विधान पार्षद भी शामिल होंगे पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होगा इससे पूर्व कल मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई जिसमें सरकार की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और सुशील कुमार मोदी मौजूद थे जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह और विजय कुमार चौधरी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने भी बैठक में हिस्सा लिया इस बीच चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने एन डीए को समर्थन देने की घोषणा की है कांग्रेस के भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा पार्टी विधायक दल के नये नेता होंगे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी स्क्रीनिंग कंमिटी के अध्यक्ष अविनाश पाण्डेय ने ये घोषणा की उन्होंने बताया कि कसबा के विधायक मो आफाक आलम विधायक दल के उप नेता और कुटुंबा से विधायक राजेश कुमार राम को मुख्य सचेतक बनाया गया है खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव और राजापाकर की विधायक प्रतिमा कुमारी दास को उप सचेतक तथा औरंगाबाद के विधायक आनंद शंकर को विधायक दल का कोषाध्यक्ष बनाया गया है दोनों नेताओं ने कहा कि आलाकमान के निर्देश पर सभी नवनिर्वाचित विधायकों की रायशुमारी के बाद यह निर्णय लिया गया बैठक में नवनिर्वाचित उन्नीस विधायकों में से सत्रह उपस्थित थे मनिहारी से चुनाव जीतने वाले मनोहर प्रसाद और अररिया से विधायक चुने गए हबीबुर्रहमान बैठक की देर से सूचना मिलने के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए लेकिन उनसे फोन पर उनकी राय ली गई इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता चुनने के सवाल पर जमकर हंगामा हुआ और विजय शंकर दुबे तथा सिद्धार्थ सौरभ के समर्थकों के बीच हाथापाई तक हो गई हंगामे के समय सदाकत आश्रम में छत्तीसगढ़ के मूख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडेय समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे बिहार विधान परिषद की सभी चार शिक्षक और चार स्नातक सीटों के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं दरभंगा स्नातक सीट को छोड़कर सभी निवर्तमान सदस्य अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं पटना स्नातक क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार तिरहुत से देवेश चंद्र ठाकुर दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और कोसी से भाजपा के एन के यादव निर्वाचित घोषित किए गए हैं वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में दरभंगा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सारण से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केदार नाथ पांडेय तिरहत से संजय कुमार सिंह और पटना से भाजपा के नवल किशोर यादव निर्वाचित हुए हैं गौरतलब है कि विधान परिषद की इन सभी सीटों के लिये बाईस अक्टूबर को मतदान हुआ था भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्वी चंपारण के सांसद राधामोहन सिंह को पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया गया है दीघा से विधायक संजीव कुमार चौरसिया उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी होंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र यादव बिहार के प्रभारी बने रहेंगे बिहार में श्री यादव की मदद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी और अनुपम हाजरा करेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव सात नौ प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख अठारह हजार आठ सौ अठाईस मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय छह हजार अठहत्तर मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है रज्य में अब तक इस वैश्विक महामारी से एक हजार एक सौ चौहत्तर लोगों की मौत हुई है प्रदेश की सभी निचली अदालतें दीपावली और छठ को लेकर आज से बाईस नवंबर तक बंद रहेंगी इस अवधि में रिमांड जैसे आवश्यक कार्यो के लिये न्यायिक कार्य जारी रहेगा राज्य सरकार ने त्योहारों को देखते हुये पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी है पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये अधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किया जाता है विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टियां दी जायेगी शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिये अंतिम मेधा सूची नौ दिसंबर तक प्रकाशित करने का सभी नियोजन इकाईयों को निर्देश दिया है प्राथमिक शिक्षा निदेश्क रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया गया है बहुचर्चित सृजन घोटाले के एक मामले में सीबीआई ने पटना स्थित विशेष अदालत में ग्यारह आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है जिन अरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनमें सुजन की अध्यक्ष शुभलक्ष्मी प्रसाद सचिव रजनी प्रिया के साथ साथ कई बैंक अधिकारी भी शामिल हैं समस्तीपुर जिले के मोहीउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के बलुआही स्थित बिस्कोमान भवन से अपराधियों ने हथियार के बल पर तीन लाख ग्यारह हजार रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि पांच की संख्या में आये अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सोलहवीं बिहार विधानसभा भंग होने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है विधानसभा भंग नीतीश का इस्तीफा सोलह या सत्रह को नई सरकार शपथ लेगी हिन्दुस्तान की सुर्खी है एनडीए के नेता का चुनाव कल दैनिक जागरण ने लिखा है अजित शर्मा बने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रभात खबर ने बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणामों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

दैनिक आज की सुर्खी है पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब पाक के तीन कमांडों सहित बारह सैनिक ढेर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है पांच लाख चौरासी हजार दीपों से जगमग हो उठी राम की अयोध्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के सम्मान में लोगों से एक दीप जलाने की अपील की प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिये सोलहवीं बिहार विधानसभा भंग

सरकार बनाने का दावा भी कल ही किया जायेगा पेश

दरभंगा स्नातक सीट को छोड़कर सभी सात मौजूदा विधान पार्षद ही जीते